लगभग एक घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की जानकारी दी इस दौरान मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप प्रधानमंत्री को सौंपा तथा बालाघाट क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी दी मुख्यमंत्री दिल्ली में पार्टी के अन्य बड़े नेताओं से भी मुलाकात करेंगे

राजधानी भोपाल में कोरोना का कहर जारी है

जन आंदोलन डॉ प्रवीण कुमार मिश्रा क्षेत्रीय निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रधानमंत्री के जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है

एकवायर्ड इम्यूनों डिफिसियेंसी सिंड्रोम एड्स के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवीएड्स महामारी का समापन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उसके सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं हैं

वेबिनार के माध्यम से केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया एक ट्विट सन्देश में श्री मुंडा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जनजातीय समाज भी अपना योगदान दे रहा है

शिवपुरी जिले में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने करैरा विकासखंड का निरीक्षण किया भोपाल में चार नए स्थानों पर इसी महीने दीनदयाल रसोई शुरू होने जा रही है